पचास करोड़ से अधिक लाभार्थियों को होगा फायदा

संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर दो हजार नौ सौ दो हुई इस महामारी से बिहार में इकतीस लोग संक्रमित

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में देशवासियों से सामूहिक संकल्प जताने का आह्वान किया है इसके लिए उन्होंने कल रात नौ बजे नौ मिनट के लिए घरों की बत्तियां बंद कर तथा दीये मोमबत्ती जलाकर या मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ एकजुटता व्यक्त करने की अपील की है

प्रधानमंत्री ने कल एक वीडियो संदेश में कहा कि लोग अपने घर में रहें और दिया जलाते समय समूह में इकट्ठे न हों

रास्तों में गलियों में या मोहल्लों में नहीं जाना है अपने घर के दरवाजे बालकनी से ही इसे करना है सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा को कमी भी लांघना नहीं है सोशल डिस्टॅसिंग को किसी भी हालत में तोड़ना नहीं है कोरोना की चेन तोड़ने का यही रामवाण इलाज है श्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन में लोगों ने अभूतपूर्व अनुशासन और सेवा की भावना का परिचय दिया है बाईट कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी लड़ाई को वो अकेले कैसे लड़ पाएंगे ये प्रश्न भी मन में आते होंगे कि कितने दिन ऐसे और काटने पड़ेगे साथियों ये लॉकडाउन का समय जरूर है हम अपने अपने घरों में जरूर हैं लेकिन हममें से कोई अकेला नहीं है

प्रधानमंत्री ने कहा कि देशवासियों ने पिछले महीने की बाईस तारीख को कोविड उन्नीस के खिलाफ लड़ रहे लोगों के प्रति जिस प्रकार अपना आभार व्यक्त किया था वह द्रसरे देशों के लिए उदाहरण बन गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज ट्वीटर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी की कविता आओ फिर से दीये जलाएं का वीडियो साझा किया

आओ फिर से दिया जलाए हम पड़ाव को समझे मंजिल हम पड़ाव को समझे मंजिल लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल वर्तमान के मोहपाश में आने वाला कल न भुलाएं कल रात नौ बजे दीप या मोमबत्ती जलाते समय लोगों से एल्कोहल वाले सेनेटाइजर का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की गयी है सेनेटाईजर के उच्च ज्वलनशील होने के कारण यह परामर्श जारी किया गया है बिजली मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कल शाम नौ बजे घरों की बत्तियां बंद होने के दौरान ग्रिड की स्थिरता बनाए रखने के सभी इंतजाम किए गए हैं बिजली मंत्रालय का यह स्पष्टीकरण इन अटकलों के बाद आया है कि बत्तियां बंद करने के दौरान ग्रिड में अस्थिरता आ सकती है और बिजली उपकरणों को नुकसान पहुंच सकता है मंत्रालय ने कहा है कि देश के बिजली ग्रिड बहुत मजबूत और स्थिर हैं मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ने शाम नौ बजे से लेकर नौ बजकर नौ मिनट तक घरों में केवल बत्तियां बंद करने की अपील की है सड़कों गलियों की बत्तियां या कंप्यूटर टेलीविजन पंखे फ्रिज और एसी जैसे घरेलू बिजली उपकरण बंद करने के लिए नहीं कहा गया है बिजली मंत्रालय ने कहा है कि अस्पताल और अन्य आवश्यक सेवा जैसे जनसुविधाओं नगरपालिका सुविधाओं कार्यालयों थानों और विनिर्माण संस्थानों की बत्तियां जली रहेंगी मंत्रालय ने सभी स्थानीय निकायों से जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सड़कों की बत्तियां जलाए रखने को कहा है

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि लाभार्थियों को यह सुविधा पैनलबद्ध निजी अस्पतालों में भी मुफ्त मिलेगी इससे देशभर में पचास करोड़ से अधिक लाभार्थियों को फायदा होगा देशभर में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस संक्रमण के छह सौ एक नये सामले सामने आये हैं इसके बाद कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर दो हजार नौ सौ दो हो गयी है स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि अब तक इस महामारी में अड़सठ लोगों की मृत्यु हुई है उन्होंने बताया कि एक सौ तिरासी लोग इलाज के बाद स्वस्थ्य होकर अपने घरों को जा चुके हैं इधर बिहार में दो नये मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर इकतीस हो गयी है तीन लोगों को इलाज के बाद स्वस्थ्य होने पर अस्पताल से छूट्टी दी जा च्रकी है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि चिकित्सकों के काम में बाधा डालने वालों पर कठोरतम कार्रवाई की जायेगी उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले की घटनाएं द्खद है बाईट निर्णय लिया है कि एनएसए के कानून के अंतर्गत ऐसे लोग जो हमारे डॉक्टर्स को या हमारे हेल्थ सिस्टम के साथियों को जो कि कोरोना वायरस वॉरियर्स की तरह काम कर रहे हैं अगर कोई भी टारगेट करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून इस्तेमाल किया जाएगा इसका देश के गृह मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है और मेरा देश में समाज के लोगों से यह अपील है कि आप किसी भी रूप में जो लोग आपके प्राणों की रक्षा के लिए दिन रात काम कर रहे हैं उनका सम्मान करिए

गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि केंद्र ने राज्यों से स्वास्थ्यकर्मियों को सुरक्षा उपलब्ध कराने को कहा है

इस सन्दर्भ में एमएचए ने राज्य सरकारों को पत्र द्वारा और मीटिंग्स में कहा है कि स्ट्रिक्ट एक्शन लें और हमारी जो मैडिकल फैटर्निटी है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करें संयुक्त सचिव ने बताया कि सात मौजूदा हेल्पलाइनों के अलावा दो नये हेल्पलाइन नम्बर शुरू किये गये हैं

इधर स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए विभिन्न दवा कंपनियों से दस करोड़ हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्वीन दवा की गोलियां खरीदने का आदेश दिया है भारतीय आयूर्विज्ञान अन्संधान परिषद आईसी एमआर ने कोविड उन्नीस से संक्रमित या संदिग्ध रोगियों के इलाज से जुड़े स्वास्थ्यकर्मियों के लिए हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्वीन दवा के उपयोग की सलाह दी है स्वास्थ्य मंत्रालय ने गहन चिकित्सा कक्ष आईसीयू में भर्ती रोगियों के लिए हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्वीन के साथ एजीथ्रोमाइसिन दवा देने की सलाह दी है बिहार में बाईस मार्च के बाद राज्य में आये एक लाख अस्सी हजार से अधिक लोगों की फिर से प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच की प्रक्रिया आज से शुरु हो गयी है गौरतलब है कि लॉकडाउन की घोषणा के बाद देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार अपने गांवों को लौटे हैं इधर स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो भी प्रवासी अपने गांव लौटे हैं उनका सत्यापन और मेडिकल जांच करना आवश्यक है जिलाधिकारियों को क्वेरेंटाइन में रह रहे लोगों उनतीस मार्च के बाद आये लोगों की जांच भी करने को कहा है केन्द्र सरकार ने कहा है कि देशभर में कुल तीस लाख लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने सभी नागरिकों से इस ऐप को डाउनलोड करने का आग्रह किया है

साथ ही अगर कमी भी आप किसी कोरोना पॉजिटिव पेशेन्ट आते हैं तो इस ऐप के द्वारा आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है

यह ऐप हमारे ऐन्ड्रॉयड यूजर्स के लिये प्लेस्टोर पर और आईओएस यूजर्स के लिये ऐप्पल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिये राज्यभर के विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ संवाद किया और उनसे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली मुख्यमंत्री ने कहा कि इस स्थिति में राज्य सरकार डॉक्टरों की सुविधा का हर तरह से ध्यान रखेगी उन्होंने विशेषज्ञ चिकित्सकों से कई सुझाव भी प्राप्त किये और बताया कि इस पर अमल किया जायेगा मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों से अन्य बीमारियों के मरीजों की भी चिकित्सा संबंधी जरूरतों का ध्यान रखने को कहा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने केन्द्र सरकार से पटना एम्स के साथ साथ गया और भागलपुर में भी कोरोना वायरस संक्रमण की जांच की व्यवस्था किये जाने का आग्रह किया है श्री पांडेय ने कहा कि राज्य में फिलहाल आरएमआरआई आइजीआइएमएस और डीएमसीएच दरभंगा में कोरोना के ब्लड सैंपल की जांच हो रही है उन्होने कहा कि एक दो दिनों में पीएमसीएच में भी सैंपल जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एम्स पटना एएनएमसीएच गया और जेएलएमएनसीएच भागलपूर में भी सैंपल जांच केंद्र बन जाने से प्रदेश में कोरोना संकट से निपटने में काफी मदद मिलेगी केन्द्र सरकार ने रबी की फसलों की कटाई और गर्मी की फसलों की ब्रुवाई सुनिश्चित करने के लिए कई पहल की है जिससे लॉकडाउन के दौरान किसानों को कोई परेशानी न हो बाईट कृषि बीमा सुविधा को सुचारू बनाने के लिए सभी राज्यों को पत्र जारी कर कहा गया है कि वह संबंधित बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों को पास जारी करें ताकि वह फसल कटाई प्रयोग के सहसाक्षी के तौर पर उपस्थित रह सकें

बागवानी फसलों की आसान आवाजाही के लिए उत्पाद को थोक विक्रेताओं मंडी संघों और राज्य बागवानी मिशनों के साथ तालमेल बनाया गया है ताकि सभी दिक्कतों को दूर किया जा सके

घर से काम कर रहे फार्म टेली एडवाइजर्स के नंबरों पर कॉल को भेजकर किसानों की समस्याओं को सुलझाया जा रहा है

सुपर्णा सेकिया के साथ भूपेन्द्र सिंह आकाशवाणी समाचार दिल्ली देशभर में नोवेल कोरोना वायरस के मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने महामारी फैलने से रोकने के लिए कई परामर्श जारी किए हैं बाईट सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा के सामान की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें साथ ही लोगों को हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए बाजार मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम एक मीटर की दूरी रखें घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए लोगों को अपनी आंख नाक और मुंह को छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए

यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले

कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए चुनाव आयोग ने बिहार में विधान परिषद के शिक्षक स्नातक और विधानसभा क्षेत्र से होने वाले चुनाव को तत्काल स्थगित कर दिया है आयोग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस संबंध में निर्देश निर्गत कर दिया गया है सूत्रों ने बताया कि समीक्षा के बाद आयोग नए सिरे से चुनाव की तिथि जारी करेगा सांसद अहमद असफाक करीम ने कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए कटिहार पूर्णियां अररिया किशनगंज और वैशाली जिले को पचास पचास लाख रूपये अपने सांसद निधि से दिया है शेखपुरा जिले में उंची कीमत पर सेनेटाइजर बेचने के आरोप में शहर के एक दवा दुकान को सील कर दुकान के मालिक के खिलाफ कार्रवाई की गयी है दरभंगा जिले में विभिन्न स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये फसलों की कटाई शुरू हो गयी है इधर समस्तीपुर जिले में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाताधारक महिलाओं ने पांच सौ पांच सौ रूपये मिलने पर खुशी जतायी है सीतामढ़ी जिले में बारह सौ से अधिक क्वेरेंटाइन केन्द्रों पर छत्तीस सौ से अधिक लोगों को रखा गया है पश्चिम चम्पारण जिले में लॉकडाउन से प्रभावित लोगों को मदद के लिए कई समाजसेवी आगे आये हैं रामनगर में समाजसेवी रामबाबू प्रसाद बड़ी संख्या में लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं दरभंगा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में म्यांमार से आये दस विदेशी पन्द्रह मार्च को ठहरे थे इनकी पहचान की जा रही है

पचास करोड़ से अधिक लाभार्थियों को होगा फायदा

संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर दो हजार नौ सौ दो हुई इस महामारी से बिहार में इकतीस लोग संक्रमित